मतदान सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिये नायब तहसीलदार नीलेश सिंह सेक्टर मजिस्ट्रेट और उपसंचालक पशु चिकित्सा डॉ वीपी एस चौहान सेक्टर अधिकारी नियुक्त किये गये हैं

कांग्रेस जिला अध्यक्ष जयप्रकाश अग्रवाल ने चुनाव आयोग को इसकी शिकायत की थी जिला निर्वाचन अधिकारी पी अनुग्रह ने कल शाम मौहरी में शुष्क दिवस भी घोषित किया था

गौरतलब है कि कांग्रेस सहित कुछ दलों द्वारा स्ट्रांगरूम में रखी ईवीएम की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाये जा रहे हैं श्री कांता राव ने बताया कि ईवीएम की सुरक्षा में दूसरा घेरा विशेष सशस्त्र बल का है सुरक्षा व्यवस्था मतगणना पूर्ण होने तक यथावत रहेगी श्री राव ने बताया कि स्ट्रॉग रूम में डबल लॉक सिस्टम है जिसकी एक चाबी जिला निर्वाचन अधिकारी के पास तथा दूसरी चाबी संबंधित क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी के पास है उन्होंने बताया कि स्ट्रांगरूम की सुरक्षा पर नजर रखने के लिए प्रत्याशी अपने प्रतिनिधियों को तैनात कर सकते हैं उन्हें आंतरिक परिधि से बाहर रहने की अनुमति दी गई है जहां से वे स्ट्रांगरूम के प्रवेश द्वार को देख सकते हैं अगर स्ट्रांगरूम का प्रवेश द्वार सीधे दिखाई नहीं दे रहा है तो ऐसी हालत में एक स्क्रीन के जरिए निगरानी कर सकते हैं एड्स दिवस आज विश्व एड्स दिवस है एचआईवी रोग से पीड़ित मरीजों को ईलाज के लिए प्रेरित करने और लोगों को इससे बचाव के उपायों से परिचित कराने के लिए हर वर्ष एक दिसंबर को यह दिवस मनाया जाता है इस अवसर पर प्रदेश में कई स्थानों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये गये हैं उज्जैन में जन जागृति रैली निकाली गई

खंडवा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि शहर में भी विश्व एड्स दिवस के मौके पर जनजाग्रति रैली का आयोजन किया गया है ये रैली जिला अस्पताल परिसर से शुरू होकर शहर के विभिन्न मार्गो से होते हुए वापस जिला अस्पताल पर समाप्त हुई इंदौर में भी इस अवसर पर कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं विश्व एड्स दिवस के मौके पर लोगों को इसके बचाव के उपायों से परिचित कराने के लिये जागरूकता रैली निकाली गई और नुक्कड़ नाटकों के आयोजन किये गये इसी तरह के समाचार आगरमालवा सहित प्रदेश के अन्य जिलों से भी मिल रहे हैं

आज श्री मोदी की जर्मनी की चांसलर अर्जेटीना फ्रान्स दक्षिण अफ्रीका और स्पेन के राष्ट्रपति से मुलाकात होने की संभावना है प्रधानमंत्री श्री मोदी का जमैका तथा नीदरलैंड के प्रधानमंत्रियों और यूरोपीय परिषद और विभिन्न संगठनों के अध्यक्षों से मिलने का भी कार्यक्रम है

इस मौके पर सूचना और प्रसारण मंत्री कर्नल राज्य वर्धन सिंह राठौड ने लोगों से शहीद जवानों के परिवारों के कल्याण के लिये बढ़ चढ़ कर दान देने की अपील की है एक टिवट संदेश में श्री राठोड ने कहा है कि देश की सुरक्षा में सशस्त्र बलों की शहादत अनुकरणीय है देश उनका सदैव ऋणी रहेगा

गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू ने नई दिल्ली के छावला शिविर में आयोजित मुख्य समारोह में परेड की सलामी ली इस मौके पर उन्होंने कहा कि सीमा प्रबंधन आपदा राहत अभियानों और शांति स्थापना में बीएसएफ महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है उपराष्ट्रपति वैंकैया नायडू और गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने भी बल के जवानों और उनके परिवारों को बधाई दी है

विश्व विकलांग दिवस के मौके पर सोमवार को होशंगाबाद के पुलिस परेड़ मैदान पर निशक्त बच्चों की खेलकूद प्रतियोगिताएं आयोजित की जायेंगी